भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है

इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की द्रदर्शिता विचारों निरंतर प्रयासों और सशक्त नेतत्व के कारण देश ने नई ऊंचाइयों को छूआ है और अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त किया है राज्यपाल ने उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को आत्मनिर्भर और विश्व शक्ति के लिए किए जा रहे प्रयास और संकल्प हम सभी को प्रेरित करते हैं मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपने बंधाई संदेश में कहा कि देश भाग्यशाली है क्योंकि इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन से देश समृद्धि एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर है और उनकी उदारता और स्नेह के कारण प्रदेश लाभान्वित हुआ है

कार्यसूची के मुताबिक इस दौरान प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मॉनसून सत्र और कोरोना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

हिमाचल दस्तक के शीर्षक है पांच कोविड अस्पताल बनायेगी राज्य सरकार दैनिक भास्कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है कोरोनो के साथ दूसरी गंभीर बिमाररियों के मरीजों का इलाज प्राथमिकता

अखबार की एक अन्य खबर है हाईकोर्ट ने हटाई टीजीटी भर्ती पर लगी रोक